इसलिए सभी श्रोताओं से अधील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उप्रायों का शालन करें

म्ख्यमंत्री रेमडेसिविर म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले दो तीन दिन में रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट समाप्त हो जाएगा प्रदेश में ऑक्सीजन की र्याप्त व्यवस्था है

श्री चौहान ने कहा कि लॉकडाउन से बेहतर तो यह है कि यदि चेहरा लॉक हो जाए हम मुंह प्र मास्क लगा लें और पैर भी लॉक हो जाएं अर्थात हम घर से अनावश्यक ना निकलें तो लॉक डाउन की स्थिति ही निर्मित नहीं होगी चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति से नि टने के लिए मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंधी गई है राज्य सरकार अस्धतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और कोविड केयर सेंटर स्थापित करने की दिशा में निरंतर सक्रिय है कहीं र भी दवा व आवश्यक उ करणों की कमी नहीं होने दी जायेगी

तुलसीराम सिलावट को इंदौर विश्वास सारंग को भोशल सीहोर प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर अरविंद भदौरिया को जबलप्र छिंदवाड़ा डॉ मोहन यादव को उज्जैन का प्रभार दिया गया है इसीतरह अन्य मंत्रियों को भी विभिन्न जिलों के प्रभार दिए गए है प्रदेश कोरोना इंदौर नगर निगम ने आज शहर के विभिन्न मुख्य स्थानों और बाजारों का सेनिटाइजेशन किया

वहीं मंदसौर सांसद स्धीर ग्प्ता ने टीकाकरण उत्सव के दौरान विभिन्न केन्द्रों पर जाकर टीका लगवा रहे नागरिकों का सम्मान किया अशोकनगर में कल पीएचई मंत्री और जिले के कोरोना नियंत्रण प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव समीक्षा बैठक करेंगे रायसेन जिले में सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों श्र आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है कंकाली माता सहित सभी प्रम्ख मंदिर भी बंद रहेंगे

छिंदवाडा में श्री टाईल्स एण्ड ब्रिक इण्डस्ट्रीज बोरगांव को ऑक्सीजन सिलेण्डर भरने के लिये स्वीकृति और लाईसेन्स प्रदान किया गया है

आगर मालवा में माँ बगलामुखी मंदिर आज से अनिश्चितकाल के लिये बंद कर दिया गया है

नवरात्र कल से कल मंगलवार से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं इसी दिन हिंदू नववर्ष का नया संवत्सर भी श्रू हो जाएगा नवरात्र होने से श्रद्धाल् देवी की प्जा और व्रत उ वास करेंगे लेकिन इस बार भी श्रद्धाल्ओं को यह सब घर र ही करना होगा मैहर का शारदा मंदिरदतिया में पीताम्बरा पीठ आगर मालवा का मां बग्लाम्खी मंदिरसलकनप्र मंदिर सहित प्रदेश के सभी प्रमुख माता मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है निमाड़ के गणगौर श्वर् श्र भी कोरोना की ाबंदियों के चलते सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे कोरोना संक्रमण की वजह से अधिकांश मंदिरों में शहले से ही भीड़ शर प्रतिबंध लगा हआ है

आई ीएल आईपीएल क्रिकेट में आज म्म्बई में शाम साढ़े सात बजे राजस्थान रॉयल्स का सामना ंजाब किंग्स से होगा

हरिदवार क्भ उत्तराखंड में सोमवती अमावस्या के अवसर प्र आज हरिद्वार में बडी संख्या में श्रद्धाल् गंगा स्नान कर रहे हैं इससे शहले उन्होंने मेला प्रबंधकों के दिशा निर्देशों के अन्सार ंजीकरण कराया था कोविड दिशा निर्देशों का ालन स्निश्चित करने के लिए व्या क प्रबंध किये गये हैं

नमस्कार